राज्य विधानमंडल का बजट सत्र आज नये कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगाम के बीच शुरू हआ

कोविड महामारी के प्रतिबंधों के दौरान प्रदेश में दूसरी बार विधानमंडल सत्र आयोजित किया गया है एक रिपोर्ट जैसे ही आज पूर्वाह्न राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी विपक्ष ने राज्यपाल के भाषण के दौरान प्ले कार्ड और बैनर लहराए राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि कोरोना कॉल के बावजूद उनकी सरकार ने लोगों के कल्याण और हित में बहुत सारे कार्य किए हैं तथा प्रदेश चहुमुंखी विकास के पथ पर है उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों युवाओं श्रमिकों महिलाओं तथा अन्य वर्गों के लिए काफी कार्य किया है

किसी को भी बिना थर्मल स्कैनिंग के सदन में जाने की अनुमति नहीं है

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने पत्रकारों को प्रेस दीर्घा में प्रवेश न दिये जाने का मामला उठाया विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विपक्षी सदस्यों को आश्वस्त किया कि सदन की विधिवत कवरेज के लिये कुछ इलेक्ट्रानिक चैनलों को इजाजत दी गई है और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों को अवसर दिये जाने पर विचार किया जायेगा सदन के पटल पर आज सात अध्यादेश और एक विधेयक भी रखा गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि अब परीक्षा देने वाले बहादुर छात्रों ने अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है इसलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी वापस लौट आया है इस बार यह कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा और यह पूरी तरह ऑनलाइन होगा एक टवीट ने श्री मोदी ने छात्रों से अपील की कि वे बिना किसी तनाव के मुस्कुराते हुए अपनी परीक्षाओं में शामिल हों

केन्द्रोय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव ज़िले की घटना का संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को मामले की पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है श्री योगी ने कहा है कि अस्पताल में भर्ती पीड़िता का सरकारी खर्च पर बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जाये उन्नाव के असोहा थाना अन्तर्गत पाठकपुर बबुरहा में कल देर शाम गांव के किनारे खेत में एक ही परिवार की तीन लड़कियों को दुपट्टे से बंधा हुआ पाया गया सभी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया जहां दो किशारियों को मृत घोषित कर दिया गया जबकि तीसरी लड़की की हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया दिया गया है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

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में मीडिया को बताया कि कल एक दिन में एक लाख बीस हजार तीन सौ चौरासी नमूनों की जांच की और राज्य में अब तक तीन करोड़ सैंतीस हजार पच्चीस सैम्पल की जांच की जा चुकी है

अयोध्या के महत्व को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत कौशल्या सदन के निर्माण पर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सैद्वांतिक मंजूरी देते हुए इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि इस निर्माण परियोजना में सामुदायिक केन्द्र खुले स्थान और जलापूर्ति की व्यवस्था को भी शामिल किया जाये

नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया है कि अयोध्या को सुन्दर और व्यवस्थित बनाने के लिये शासन द्वारा नामित कार्य योजना बनाने वाली संस्था केपीएमजी कंस्लटेंसी ने दोनों शहरों को कुंभ प्रयागराज और लखनऊ की तज पर ट्रैफिक प्लान सिस्टम सुरक्षा योजना और सौन्दर्यीकरण सहित कई बिन्द्रओं पर प्रस्तुतीकरण किया है दोनों शहरों में मल्टीस्मार्ट कार पार्किंग और नगर में खाली पड़े स्थानों पर व्रक्षारोपण के अलावा एनीमल बर्थ कंट्रोल की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि आवारा पशुओं की संख्या को कम किया जा सके श्री सिंह ने यह भी बताया कि इंटेलीजेंट ट्रैफिक प्रबंधन विकसित करने के लिये दोनों शहरों के लगभग दा दर्जन जगहों को चिन्हित किया गया है

कल लखनऊ में एक जिला एक उत्पाद योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि काला नमक चावल की मार्केटिंग बढ़ाने और इसे अतंर्राष्ट्रीय बाज़ार में पहुंचाने के लिये राज्य सरकार किसानों और उद्यमियों को सभी सुविधाएं देने के लिये तैयार है उन्होंने कहा कि जल्द ही सिद्धार्थनगर में चावल अनुसंधान केन्द्र भी खोला जायेगा

उन्होंने बताया कि होमगार्ड और अवैतनिक होमगार्ड्स व पदाधिकारी सेवा अवधि के दौरान मौत या स्थायी रूप से अपंग होने पर उसके पात्र आश्रित के चयन में वहीं प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो सामान्य तौर पर होमगार्ड्स भर्ती के लिये अपनाया जाता है

प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव सुरेन्द्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परियोजना का अनुश्रवण स्वयं कर रहे हैं और यह उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है श्री सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में चित्रकूट से प्रयागराज और कानपुर को हवाई सेवाओं से जोड़ा जायेगा कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने पूर्व पेट्रोलियम मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा के निधन पर गहरा दुःख जताया है श्री तिवारी ने कहा है कि रायबरेली और अमेठी का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले कैप्टन शर्मा के द्वारा इन दोनों क्षेत्रों के विकास में निभाई गई भूमिका को हमेशा याद रखा जायेगा कैप्टन शर्मा का कल रात गोवा में निधन हो गया वह कैंसर से पीड़ित थे